प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम किया है

प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश की समृद्धि के लिए प्रेरक बन सकते हैं पेयजल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लालकिले से मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बहुत जल्द जल जीवन मिशन शुरु करेगी जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च करने का संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिये तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया

मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने की जरुरत है प्रधानमंत्री मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद कर दे उन्होंने देशभर के अधिकारियों से आग्रह किया कि प्लास्टिक को एकत्र करने की व्यापक व्यवस्था तैयार करें ताकि इस वर्ष दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत की ओर एक सशक्त कदम आगे बढ़ाया जा सके राजधानी ईटानगर में तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली इससे पहले मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया परेड में राज्य पुलिस बल आईआरबीएन केंद्रीय अर्धसैनिक बल और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक अनेक गणमान्य व्यक्ति राज्य के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में राजधानी क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने देश के आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया उन्होंने आजादी के लड़ाई में अपने प्राणो की आहुति देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए लोगों से टीम भावना के साथ काम करने की अपील की

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए टिम भावना के साथ काम कर रही है इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्र ने तिरंगा फहराया इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया राज्यपाल डॉ मिश्र प्रथम महिला नीलम मिश्रा सहित राजभवन के कर्मचारियों और राजधानी क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान गाया

इस नाटक को गुजरात के एक थिएटर मंडली व्यू फाइंडर के पच्चीस कलाकारों द्वारा किया गया था इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए संगीत गीत नाटक और नृत्य को बढ़ावा देना था राज्यपाल डॉ बी डी मिश्र ने आज राजभवन में स्क्रली बच्चों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रक्षा बंधन मनाया इस अवसर पर ईटानगर के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय ओजू वेलफेयर एसोसियेशन नाहरलगुन और ब्रम्हा कुमारी के सदस्यों ने राज्यपाल को राखी बांधी